मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है उन्होंने कहा कि व्यवस्थित और वज्ञानिक आधार पर किये गये विकास कार्य दीर्घकालिक होते है

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास में यह साफ दिख रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि अधिकारी सही कार्य करने में बिल्कुल भी नहीं डरे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और धारणा बदलने में नोएडा की भूमिका बहुत अहम है

इसकी क्षमता सात हजार कारों की है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई फ्लाई ओवर अंडर पास तथा अस्पताल का लोकार्पण किया संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया यह तीन अप्रैल तक चलेगा

बजट पहली फरवरी को प्रस्तुत किया गया था बजट सत्र की दूसरी पारी में रेलवे सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर्यटन स्वास्थ्य सहित विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रगनेंसी शोधन विधेयक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एयरक्राफ्ट संशोधन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय होम्योपेथिक आयोग विधेयक सहित कई विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे भारत ने बांग्लादेश को भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का वहां के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज ढाका में आयोजित गोष्ठी में बताया कि एनआरसी को अपडेट करना पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एन आरसी के मुद्दे पर न्यूयॉर्क में सितंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में चर्चा की थी अतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को मनाया जाएगा केन्द्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किये हैं देश और प्रदेश में महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर नई दिल्ली में शिविर आयोजित कर रहे हैं शिविरों में विभिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मधुमेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जायेगी

बाइट सुमन प्रोग्राम उसमें हरेक गर्भवती महिला का वो किसी भी स्थान पर है किसी भी स्तर पर है कहीं पर भी उसका इलाज होना है वो उसका एक तरह से इलाज होना वो मैटर ऑफ राइट है और उसको अगर कोई रिफ्यूज करता है सिस्टम जो है तो वो एक प्रकार से पनिशेबल अफेन्स है लेकिन अभी हमारे को ये यात्रा को बहुत तेजी से बहुत आगे लेकर जाना है

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुलन्दशहर सदर से विधायक वीरेन्द्र सिंह सिरोही का आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वीरेन्द्र सिंह सिरोही एक लोकप्रिय प्रतिनिधि थे वह सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये तत्पर रहते थे

मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री सिरोही की पहचान कुशल राजनेता के साथ ही संवेदनशील व्यक्ति के रूप में थी उनके निधन से राजनैतिक जगत में रिक्त हुए स्थान की भरपाई कठिन है

इसके अलावा श्री सिरोही के निधन पर अनेक गणमान्य राजनेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की उच्चतम न्यायालय दिल्ली की हाल की हिंसा को भड़काने वाले भाषण देने वाले राजनेताओं और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिका पर चार मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है कुछ दंगा पीडितों की ओर से तुरंत सुनवाई के लिए एक याचिका प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर की गई प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के उन्चास हजार पांच सौ अड़सठ कांस्टेबिल के पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया

इस अवसर पर आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस परीक्षा में लगभग तेईस लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें लिखित परीक्षा के लगभग एक लाख पच्चीस हजार अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिये अर्ह पाये गये इनके अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद उन्चास हजार पांच सौ अड़सठ अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया गया है उन्होंने बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस में पांच हजार नौ सौ छाछठ महिलाएं सफल हुई है श्री विश्वकर्मा ने बताया कि आज सफल घोषित अभ्यर्थियों को मिलाकर अब तक एक लाख सैंतीस हजार दो सौ तिरेपन पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है इनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पलाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन अधिकारी पीएसी और नागरिक पुलिस आरक्षी लिपिक संवर्ग तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल है उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में से एक लाख पैंतीस हजार नौ सौ छियानवे सीधी भर्ती के हैं जबकि एक हजार छह सौ सत्तावन लोगों को मृतक आश्रित सीधी भर्ती से लिया गया है